श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह लोगों ने धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना कर अपने दिन की शुरूआत की

सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर और चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में भी अल सुबह से श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है इस बार नववर्ष की पूर्व संध्या पर कोविड को देखते हए राज्य सरकार की ओर से लगाए गए कफर्य के कारण कोई आयोजन नहीं हुए

प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में कल रात आठ बजे से आज सुबह छह बजे तक कफ़र्य लगाया गया था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 नववर्ष पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं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 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर के विभिन्न रैन बसेरों में जरूरतमंदों को कम्बल वितरित किए

राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के कई अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में पदौन्नत किया है

प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है शीतलहर से जन जीवन प्रभावित है हालांकि न्यूनतम तापमान में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू सबसे ठंडा स्थान रहा वहां न्यूनतम तापमान माइनस शुन्य दशमलव दो डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया वहीं माउंट आबू में तापमान बढ़कर जमाव बिन्दू पर आ गया है